किसानों की आय दोगुना करने के लिए पौड़ी में कृषि कल्याण योजना का किया गया शुभारंभ

उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर इसका और विस्तार किया जायेगा केन्द्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि गरीब मजदूर परिवारों को जो दुर्घटना के समय इलाज के लिए इधर उधर भटकते थे उन्हें अब अस्पताल बनने से भटकना नहीं पड़ेगा

उन्होंने बताया कि ईएसआईसी स्वयं अस्पताल का संचालन करेगा जिससे डेढ़ लाख मजदूरों को फायदा पहुंचेगा विधानसभा विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने जिला स्तरीय प्राधिकरणों के औचित्य और सख्त नियमों की समीक्षा करने के लिए विधानसभा के सदस्यों की एक कमेटी बनाने के सरकार को निर्देश दिए हैं साथ ही शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट सदन को सौंपने के भी निर्देश दिए इस बारे में विधानसभा अध्यक्ष ने पत्रकारों को जानकारी दी आज सदन में प्रश्नकाल के दौरान सरकार की ओर से आवास विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि सदन के अधिकांश सदस्यों की शिकायतों को दूर करने के लिए जिला विकास प्राधिकरणों की समीक्षा की जानी जरूरी है

भाजपा के ही संजय गुप्ता राजेश शुक्ला और धन सिंह नगी ने कहा कि जिला विकास प्राधिकरण के सख्त नियमों की वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में मकान बनाना मुश्किल हो गया है कांग्रेस के हरीश धामी करण माहरा और मनोज रावत ने भी इस मांग का समर्थन किया बाद में सदन के बाहर नगर विकास मंत्री मदन कौशिक ने मीडिया को इस बारे में जानकारी दी उधर उप नेता प्रतिपक्ष करन माहरा ने सदन के बाहर पत्रकारों को बताया कि प्राधिकरण से ग्रामीणों के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं

निरीक्षण चंपावत प्रदेश की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शिता निष्पक्षता और शांति पूर्वक सम्पन्न कराना है इसलिए इस बार प्रत्येक मतदान केंद्र पर वीवीपैट का प्रयोग किया जा रहा है चंपावत में निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन की शिकायत के लिए सी विजिल ऐप भी तैयार किया गया है

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिले में निर्वाचन तैयारियों का जायजा भी लिया उन्होंने स्ट्रांग रूम मतगणना कक्ष और मतदेय स्थलों का निरीक्षण किया उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार करने निर्देश दिये कृषि योजना किसानों की आय दोगुना करने और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए पौड़ी में कृषि कल्याण योजना का शुभारंभ किया गया श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने जिले की सोलह महिला समूहों को बिना ब्याज के पांच लाख रुपये का ऋण वितरित किया गया इस अवसर पर सहकारिता मंत्री धनसिंह रावत ने सरकारी योजनाओं की जानकारी दी उन्होंने कहा कि किसानों को डेरी व्यवसाय के साथ ही कृषि क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी को अपनाकर अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहिये मौसम प्रदेश के उच्च हिमालयी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में कहीं कहीं बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है वहीं मैदानी इलाकों में लगातार धूप छांव का खेल जारी है

उत्तरकाशी चमोली रुद्रप्रयाग बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश और ओलावृष्टि भी हो सकती है जबकि देहरादून टिहरी पौड़ी नैनीताल और चंपावत में ओले गिर सकते हैं मौसम विभाग के अलर्ट के मद्देनजर सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को सतर्क रहने की सलाह दी है वहीं पर्यटक स्थलों पर बर्फबारी की सूचना मिलने पर पर्यटकों की संख्या में खासी बढ़ोत्तरी हुई है

इस अवसर मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि तीस वार्डो में कूड़ा उठान के लिए इन वाहनों का उपयोग किया जायेगा उन्होंने लोगों से कूड़ा वाहन में अपना कूड़ा देने की अपील करते हुए कहा कि स्वच्छता बनाये रखना सबकी नैतिक जिम्मेदारी है

उन्होंने बताया कि इस संबंध में नगर निगम की बोर्ड बैठक में शीघ्र ही प्रस्ताव लाया जायेगा किसान मेला चमोली चमोली में आज आयोजित जिलास्तरीय किसान मेले में विशेषज्ञों ने कृषकों को वैज्ञानिक खेती सहित कृषि और बागवानी की जानकारी दी मेले में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि लघु और सीमान्त कृ षकों के लिए केंद्र सरकार ने पीएम किसान निधि योजना लागू की है

वहीं मुख्य विकास अधिकारी हंसादत्त पाण्डे ने वैज्ञानिक तरीके से खेती करने पर जोर दिया साथ ही कृषि विभाग को कृषि उपकरणों के अनुदान और जैविक खेती के बारे में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने को कहा मेले में कृषि उद्यान सहित डेरी विकास आपदा प्रबन्धन आजीविका परियोजना रेशम कृषि विज्ञान केन्द्र ग्वालदम मृदा परीक्षण जनसेवा केन्द्र मत्स्य ग्राम्य विकास और सूचना विभाग द्वारा स्टॉलों के माध्यम से विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई

डॉ स्वराज विद्वान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य डॉ स्वराज विद्वान ने कल देहरादून में शहीद मेजर विभूति ढौंडियाल के आवास देहरादून में पहुंचकर उन्हें श्रद्वांजलि दी डॉ स्वराज विद्वान ने देहरादून में ही शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट के परिजनों से भी मुलाकात की बाद में वे उत्तरकाशी के शहीद मोहनलाल रतूड़ी के गांव बनकोट पहुंची और उनके परिवार वालों से मुलाकात की उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के भीतर उत्तराखण्ड के चौर जांबाजों ने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है उनका बलिदान पूरा देश हमेशा याद रखेगा डॉ विद्वान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुलवामा में शहीद मोहनलाल रतूड़ी के नाम पर चिन्यालीसौड़ में स्थापित कृषि विज्ञान केन्द्र और एयरपोर्ट का नाम शहीद मोहनलाल रतूड़ी के नाम पर रखने की मांग की जाएगी संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देहराद्न में शौर्य स्थल पर पर शहीद सैनिकों की स्मृति में एक मिनट का मौन रख कर श्रद्वांजलि अर्पित की इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सैनिकों के सम्मान की शपथ भी दिलाई इस अवसर पर बौद्व सम्प्रदाय के लोगों ने भी प्रार्थना के साथ शहीदों को श्रद्वांजलि दी रुद्रप्रयाग जिले में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत चार दिवसीय गंगा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है इसके तहत सुमाड़ी बाजार में स्कूली बच्चों ने स्वच्छता रैली निकाली जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल के नेतृत्व में सुमाड़ी बाजार में सफाई अभियान चलाया गया